मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड टीकाकरण तैयारियों की समीक्षा करते हुए पर्याप्त संख्या में सेंटर बनाए जाने के दिए निर्देश राज्य में ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी मौसम विभाग ने जताई बीकानेर उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

सुबह आठ बजे से शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे तक जारी रहेगा कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ मतदान केन्द्रों पर वोट डाले जा रहे हैं

पांच जिलों में कांग्रेस के और तीन जिलों में निर्दलीय जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं

झालावाड़ जिले में जिला प्रमुख के चुनाव आज होंगे वहां उप जिला प्रमुख कल चुना जाएगा चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्यो को नवजात शिशुओं के इलाज में गम्भीरता बरतने के निर्देश दिए हैं कोटा के जेकेलॉन अस्पताल में नौ शिशुओं की मृत्यु के मामले में उन्होंने प्राचार्य से रिपोर्ट तलब की

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मरीजों की संख्या में कमी जारी है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारी नन्ही श्रोता का संदेश

प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है वहीं कुछ स्थानों पर मौसम का रूख बदला है

मौसम विभाग ने कहा है कि आज बीकानेर उदयपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है